मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह सम्मान ग्रहण किया इस अवसर पर कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन मौजूद थे गेह जत्पादन में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए ये पुरस्कार दिया गया है

श्री मोदी ने जैविक खेती पोर्टल का उदघाटन किया

तीन दिन का यह मेला कल शुरू हआ जिसमें किसानों की आमदनी दोगुनी करने पर विशेष ध्यान दिया गया है इसका उद्देश्य कृषि से संबंधित नवीनतम तकनीकी विकास के बारे में किसानों के बीच जागरूकता पैदा करना है प्रधानमंत्री के भाषण का सीधा प्रसारण प्रदेश की मंडियों में भी किया गया उमरिया कृषि उपज मंडी में किसानों ने प्रधानमंत्री के किसानों से किये गये सीधे संवाद के लाइव प्रसारण को देखा वहीं शिवपुरी और डिडौंरी के कृषि विज्ञान केन्द्र में भी किसानों ने प्रधानमंत्री का भाषण सुना रेलवे गोयल प्रदेश के मालवांचल क्षेत्र में आज रेलवे लाइन का शिलान्यास किया जा रहा है इसके तहत इंदौर देवास उज्जैन खंड का दोहरीकरण होगा

इसके अतिरिक्त गंभीर ब्रिज की रेलवे लाइन का दोहरीकरण किया जाएगा कार्यक्रम में रेल मंत्री पीयूष गोयल सहित लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन केन्द्रीय मंत्री थावरचन्द्र गेहलोत और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उपस्थित रहेंगे

इन केन्द्रों पर किसानों का पंजीयन कार्य भी चल रहा है

भावांतर भूगतान योजना में चना मसूर सरसों और प्याज के विक्रय के लिए भी किसानों के पंजीयन किये जा रहे है गुनाबडवानी जिलों में भी समर्थन मूल्य पर गेंह की खरीदी की तैयारियां पूरी हो चुकी है आगरमालवा में किसानों को एसएमएस के जरिये सूचना दी जा रही है शनिचरी अमावस्या प्रदेश में आज शनिचरी अमावस्या मनायी जा रही है इस अवसर पर नर्मदा नदी के अनेक घाट स्थलों पर सुबह से ही श्रद्वालजन स्नान कर पुजा अर्चना कर रहे हैं भोपाल में बरखेडी स्थित प्राचीन शनि मंदिर सहित विभिन्न मंदिरों में तिलाभिषेक के साथ विशेष पूजा अर्चना की जा रही है

इस मौके पर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किये है नगर पंचायत की ओर से गोताखोर भी तैनात किये गये हैं स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने भगवान ओंकारेश्वर और ममलेश्वर के दर्शन कर पूजा अर्चना की उज्जैन में भी क्षिप्रा नदी में श्रद्वालू स्नान के साथ के पूजा अर्चना कर रहे हैं गुना जिले में बजरंग मार्ग स्थित शनि मंदिर में मेले का आयोजन किया जा रहा है वहीं गुना स्थित शनि मंदिर में भी सुबह से ही श्रद्वालुजन पूजा अर्चना कर रहे हैं मुरैना जिले ऐंती गॉव में शनिदेव मंदिर पर विशाल मेले का आयोजन किया जा रहा है जिसमें प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों से भी श्रद्वालु पहॅच रहे हैं

नवरात्रि को लेकर राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के सभी देवी मंदिरों में आवश्यक तैयारियां पूरी हो चुकी है मंदिरों की साज सज्जा पूरी होगयी है सतना जिले के मैहर माता मंदिर में चैत नवरात्रि को लेकर प्रशासन ने पुख्ता व्यवस्था की है

बैठक में कलेक्टर बेटी बचाओ बेटी पढाओं जन जाग़रिकता अभियान की भी जानकारी देंगे